कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर देशभर में सतर्कता बढ़ायी गयी

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप अब भी जारी

मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह यौन शोषण कांड में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत उन्नीस दोषियों को दिल्ली की विशेष अदालत आज सजा सुना सकती है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ सजा के बिंदु पर सुनवाई करेंगे फिलहाल सभी दोषी तिहाड़ जेल में है पिछले मंगलवार को इस मामले में फैसला टल गया था कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर देशभर में सतर्कता बढ़ा दी गयी है हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर विशेष नजर रखी जा रही है केरल में तीन लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि के बाद इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए विशेष परामर्श जारी किये गये हैं केन्द्र सरकार ने लोगों को चीन की यात्रा से बचने और वहां से पन्द्रह जनवरी के बाद आये लोगों को डॉक्टरों की निगरानी में अलग रखने का परामर्श जारी किया है इस बीमारी के फैलाव का केन्द्र चीन है ऐहतियात के तौर पर सरकार ने चीनी पासपोर्ट धारकों के लिए ई वीजा की सुविधा पर अस्थायी रोक लगा दी है नेपाल सीमा पर आवाजाही करने वाले लोगों की जांच की जा रही है अब तक पांच सौ तिरानवे उड़ानों से आने वाले बहत्तर हजार से अधिक यात्रियों की जांच की गयी है जबकि उनतीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में दो हजार आठ सौ से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ी सी सावधानी बरतने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है भारतीय चिकित्सा परिषद के पूर्व महासचिव डॉक्टर नरेंद्र कुमार सैनी ने ऐसे कुछ एहतियाती उपायों की आकाशवाणी को जानकारी दी बाईट अपने आप को स्वच्छ रखना हाथों को साफ करना हाथों को साबुन और पानी से धोना अपने सराउंडिग का ध्यान करना उनको भी हाइजेनिक रखना और सब्जी और उनको भी आप पहले अच्छे से पानी से धो लें यदि आप सलाद भी खा रहे हैं तो अच्छे से धोकर उसको खाएं यदि ये एहतियात बरतेंगें तो हम काफी कुछ इस बीमारी से निजात पा सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग ब्रनियादी ढांचे के विकास पर किया जाएगा जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्योग जगत के लोगों को संबोधित करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि करदाता चार्टर लागू करने का सरकार का प्रस्ताव करदाताओं और सरकार के बीच मजबूत विश्वास पैदा करने का एक तरीका है सरकार सार्वजनिक धन का उपयोग जिम्मेदारी से करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछली सरकारों जैसा दिखावे के लिए खर्च की गलती नहीं करेगी उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने अररिया जिले में संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अररिया फारबिसगंज फोर लेन पर हड़िया टोल प्लाजा और जीरो माईल के पास चार ट्रकों से सवा करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की विदेशी शराब जब्त की है इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है बताया जाता है कि शराब की यह बड़ी खेप पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से समस्तीपुर ले जायी जा रही थी नगर विकास और आवास विभाग ने नगर निकायों में ग्रप डी की सेवा दैनिक मजदूरों के बजाय आउटसोर्सिंग से लेने से संबंधित अपने आदेश पर इकतीस मार्च तक रोक लगा दी है विभाग के मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि निकायों में दस वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मियों की सेवा को स्थायी करने पर विचार किया जायेगा इस बीच सेवा नियमित करने की मांग को लेकर पटना नगर निगम के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है कर्मियों की हड़ताल के कारण राजधानी में सफाई का काम पूरी तरह से ठप है केन्द्र सरकार ने बकाया आयकर चुकाकर पुराने विवादों को खत्म करने की एक नई योजना शुरू की है इसके अन्तर्गत इकतीस मार्च दो हजार बीस तक बिना पेनाल्टी के आयकर चुकाकर कोई भी लोन डिफॉल्टर इनकम टैक्स से संबंधित प्राने विवादों को खत्म कर सकता है हालांकि आयकर के प्रराने विवादों को खत्म करने की यह योजना तीस जून दो हजार बीस तक है लेकिन इकतीस मार्च दो हजार बीस के बाद लाभ उठाने वाले को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शरजील इमाम को कल दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर अठाईस जनवरी को बिहार के जहानाबाद से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन राज्यभर में दोनों पालियों से इक्यानवे परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया नकल कराने के आरोप में कई वीक्षकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करायी गयी है गया अरवल और पटना में दूसरे के बदले परीक्षा देते एक एक फर्जी परीक्षार्थी को भी पकड़ा गया आज विश्व कैंसर दिवस है इस अवसर पर कैंसर के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसका लक्ष्य लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि दो हजार चालीस तक कम और मध्यम आय वाले देशों में कैंसर के मामले इक्यासी प्रतिशत बढ़ जायेंगे क्योंकि वहां रोकथाम और देखभाल के लिए निवेश का अभाव है धूप खिलने के बावजूद तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश भर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से कम बना हुआ है फरवरी महीने की शुरूआत में गया में अधिक ठंड ने बारह वर्षों का जबकि पटना में पांच वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि ठंडी हवा के कारण तापमान में और गिरावट आने की आशंका है हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ जाने के कारण आज राज्य में बारिश होने की उम्मीद नहीं है अब छह फरवरी की रात में पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश की सम्भावना बन रही है राज्य सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के पांच सौ चौवन आंगनबाड़ी केन्द्रों को पुरस्कृत करेगी इन केन्द्रों को ईनाम के रूप में पचास पचास हजार रूपये की राशि दी जायेगी समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर केन्द्रों का चयन करने का निर्देश दिया है पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी की प्रियंका सिन्हा को लॉर्ड बेडेन पावेल नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है स्काउटिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है नई दिल्ली में आगामी बाईस फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रियंका को अवार्ड देंगे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के प्लेट ग्रुप में बिहार का मुकाबला अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ आज से पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेला जायेगा अब तक टूर्नामेंट में बिहार को दो जीत मिली है और पूल में इक्कीस अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है शिक्षा विभाग ने पेंशन और ऐरियर के भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप में पटना के जिला शिक्षा अधिकारी और स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम दो हजार बीस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है छात्र चौबीस फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल्ली चुनाव प्रचार के संबोधन को सुर्खी बनाते हुये दैनिक आज लिखता है शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग प्रभात खबर की सुर्खी है इपीएफओ ने राज्य के पांच हजार पीएफ अकाउंटों को किया ब्लॉक हिन्दुस्तान का शीर्षक है कोरोना के कहर ने बढ़ायी दवा कम्पनियों की मुश्किलें दैनिक भास्कर ने लिखा है पीपीएफ सहित छोटी बचत योजनाओं में घट सकती हैं ब्याज की दरें

कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर देशभर में सतर्कता बढ़ायी गयी

और पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप अब भी जारी